इस किट की सहायता से प्रयोगशाला परीक्षण के बिना इस बीमारी का पता लगने में मदद मिलेगी यह किट दक्षिण कोरिया की एक कंपनी दवारा तैयार की गई है परिषद ने एक एडवाइज़री में कहा है कि इस किट मे जिन संदिग्ध लोगों की कोविड रिपोर्ट नेगीटिव आती है उनका आर टी पीसीआर टेस्ट करवाना अनिवार्य होगा जबकि पोजिटिव टेस्ट के लिए आर औ पीसीआर के परीक्षण की जरूरत नहीं है

परिषद ने कहा कि यह समाचार गुमराहकुन और गलत है और स्पष्ट किया है कि परिषद ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं करवाया

नोडल अधिकारी डॉ राम भगत ने बताया कि फरीदाबाद में कोविड मरीज़ों की कुल गिनती एक हजार छ हो गई है

फरीदाबाद से बी के सिविल अस्पताल की प्रयोगशाला मे एक कर्मचारी के कोरोना संक्रमित पाये जाने के बाद आज प्रयोगशाला को बंद कर दिया गया ताकि प्रयोगशाला का सैनेटाइज़ किया जा सके

हरियाणा के कृषि किसान कल्याण तथा पश्पालन मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल ने बताया कि किसानों को परंपरागत खेती की बजाय बागवानी फल फुल व सब्जी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए इंडो इजराईल तकनीक पर भिवानी जिला के गांव गिगनाऊ में बागवानी का उत्कृष्ट केंद्र बनाया जाएगा

चंडीगढ़ में प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि इसके अलावा भिवानी में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविदयालय हिसार तथा लाला लाजपतराय विश्वविदयालयहिसार का रिजनल सैंटर भी खोला जाएगा

उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार दवारा भिवानी जिला में खारे पानी वाले स्थानों पर झींगा मच्छली पालन केंद्र शुरू करवाए जाएंगे

उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर ही भूमिहीन किसानों को पशुपालन के लिए पशु क्रेडिट दिए जाएंगे जिसमें वे भेड़ बकरी व गाय शैंस पालन के लिए बिना गारंटी के रियायती ब्याज दरों पर ऋण ले सकेंगे उन्होंने कहा कि कृषि के साथ साथ बागवानी व मच्छली पालन आदि व्यवसायों के प्रति किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार दवारा कई योजनाएं बनाई गई हैं

हरियाणा के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने के इच्छुक गैर सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जमा करवाने की अनिवार्य करवाने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी विधालयों के प्रधानाचार्य दवारा विभाग के संज्ञान में लाये जाने के बाद यह कदम उठाया गया है सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि स्कूल प्राध्यपकों को बताया था कि निजी स्कूल सरकारी स्कूलों में आने के इच्छूक विद्यार्थियों को स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे

आज चंडीगढ़ में बसपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश भारती अपने समर्थकों सहित इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हो गये इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने इस मौके पर प्रकाश भारती की सतजुल यमुना लिंक नहर मुददे पर हरियाणा को हक का पानी दिलाने और उच्चतम न्यायालय का फैसला लागू करवाने के लिए लड़ाई में निभाई भूमिका की प्रंशसा की उन्होंने कहा कि उनके द्वारा बसपा के साथ किया गया गठबंधन कुछ स्वार्थी लोगों के कारण टूटा था

इनेलो नेता ने कहा कि हालात अब बदल रहे है और कांग्रेस फूट के कारण विपक्ष की भमिका निभाने में विफल रही है विश्व स्वास्थ्य संगठन दवारा इस बार विश्व रक्त्दाता दिवस को एक माह तक मनाने तक के लिए निर्णय के मददेनज़र हरियाणा में प्रा माह रक्त शिविरों का आयोजना किया जायेग

राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉ ए के वार्ष्णेय चर्चा मे हिस्सा लेंगे